देश का पहला वर्च्अल खिलौना मेला आज से शुरू हो रहा है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मंत्रालय ने कहा है कि कोविड के मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद निगरानी नियंत्रण और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करें और संक्रमण को और न बढ़ने दें यह भी सलाह दी गई है कि राज्य कोरोना नियंत्रण क्षेत्रों पर नजर रखें और कड़ाई से नियमों का पालन कराएं केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद पहली मार्च से साठ साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड का टीका लगाया जायेगा इस चरण में साठ साल से अधिक और गंभीर बीमारी वाले पैंतालीस वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड टीका लगाया जाएगा इस बार टीकाकरण में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया है दस हजार सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी जबकि बीस हजार निजी टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन की लागत लाभुकों को स्वयं वहन करनी होगी स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि टीका लेने वाले लाभार्थी को विन पोर्टल और आरोग्य सेतु के माध्यम से स्वयं पंजीकरण कर सकते हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि पैंतालीस वर्ष से ऊपर के गम्भीर रोगियों को टीका लेने के लिए चिकित्सकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र देना होगा प्रदेश में अब तक छह लाख अड़तीस हजार पांच सौ चौदह लोगों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं इनमें से पांच लाख उनसठ हजार से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक जबकि उनासी हजार एक सौ बयालीस लोगों को दूसरी खुराक दी गयी है इधर देश में अब तक एक करोड़ सैंतीस लाख लोगों को कोविड का टीका दिया जा चु्का है नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव डॉक्टर मनदीप भंडारी ने कहा कि अठासी लाख इकतालीस हजार से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों और उनचास लाख पन्द्रह हजार से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा चुका है राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या पांच सौ से कम हो गयी है वर्तमान में चार सौ तीस मरीजों का उपचार चल रहा है इसमें सबसे अधिक एक सौ छिहत्तर मरीज पटना के हैं वहीं अरवल जनाहाबाद शेखुपरा और सुपौल जिले में कोविड का एक भी मरीज नहीं है राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो पांच प्रतिशत हो गयी है स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख साठ हजार चार सौ तिरानवे हो गयी है इधर कल कोविड के छियालीस नये मामले दर्ज किये गये सबसे अधिक पटना से पन्द्रह पॉजिटिव मामलों की प्रष्टि हुई है पिछले चौबीस घंटों में इक्कीस जिलों से कोई भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खिलौना मेले का उद्घाटन करेंगे इस आयोजन का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाना है खिलौने बच्चों को मानसिक विकास और उनकी बुद्धिमत्ता बढ़ाने में सहायक होते हैं इसलिए मेले के आयोजन का एक और उद्देश्य खिलौनों के माध्यम से हर उम्र के बच्चों में सीखने की प्रक्रिया रुचिकर बनाना है प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अगस्त में मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि खिलौने न केवल बच्चों को नयी गतिविधियां सिखलाते हैं बल्कि वे उन्हें महत्वाकांक्षी भी बनाते हैं बच्चों के समग्र विकास के लिए खिलौनों को महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश में खिलौना निर्माण में तेजी लाने पर भी बल दिया था

इस आयोजन से सरकार और उद्योग जगत को इस संबंध में चर्चा का अवसर मिलेगा कि भारत को खिलौना निर्माण और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए निवेश किस प्रकार आकर्षित किया जाए

चंपारण क्षेत्र में गुड्डे गुड़ियों से जुड़ी कला कनिया पुतरी की कलाकार नमिता आजाद ने कहा कि यह आयोजन हमारी संस्कृति से जुड़े खिलौनों को एक नहीं पहचान देगा

राज्य परियोजना पदाधिकारी संजय सिंह ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा मेले में शामिल होने के लिए जारी लिंक को बच्चों के बीच प्रसारित किया गया है उन्होंने बताया कि जिन विद्यालयों का संचालन शुरू हो चुका है वहां खिलौना मेले की जानकारी देने के लिए अलग से कक्षा का संचालन होगा कोलकाता और वाराणसी के बीच पटना होते हुये अब नियमित तौर पर मालवाहक जहाज चलेंगे भारतीय अन्तरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण के उप निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि इस संबंध में प्राधिकरण और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है उन्होंने बताया कि जहाज का तय कार्यक्रम के अनुसार परिचालन होगा और इसके माध्यम से मुख्य रूप से व्यापारिक वस्तुओं की दुलाई होगी उप निदेशक ने कहा कि रविन्द्रनाथ टेगौर और लालबहादुर शास्त्री नामक जहाज शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को दिया जा चुका है उन्होंने कहा कि जल्द ही एक और जहाज कोलकाता से मरम्मत होकर आ जायेगा श्री कुमार ने कहा कि टेगौर नामक जहाज अस्सी टन चावल लेकर पटना से वाराणसी के लिए रवाना होगा प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े आज पटना उच्च न्यायालय के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन करेंगे इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे नये भवन में तैंतालीस कोर्ट रूम और संतावन चैम्बर के साथ दो लाईब्रेरी और अन्य सुविधाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सूबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की चौहत्तरवीं कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर उपलब्ध रहेगा मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट न्यूजऑनएआईआर डॉट कॉम और न्यूजऑनएआईआर मोबाईल एप पर भी सुना जा सकता है मुजफ्फरपुर जिले में दो दर्जन से अधिक शराब कारोबारियों की संपत्ति जब्त की जायेगी एसएसपी जयंतकान्त ने बताया कि जिले में पकड़े गए कारोबारियों की सम्पत्ति का आकलन आर्थिक अपराध इकाई कर रही है उन्होंने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्रों के अलावा सात प्रखंडों में एक महीने के अंदर लगभग दस करोड़ रूपये मूल्य से अधिक की शराब और लगभग सत्तर लाख रूपये से अधिक नकद बरामद किया गया है इस मामले में अब तक दो इंस्पेक्टर को निलम्बित किया जा चुका है गया जिले के मदनपूर थाना क्षेत्र के छकरबंधा जंगल से सुरक्षा बलों ने तिरासी आईईडी विस्फोटक बरामद किया है पुलिस और अर्द्वसैनिक बलों द्वारा चलाये गये संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान ये विस्फोटक बरामद किये गये पूलिस सूत्रों के अनुसार विस्फोटक में आठ सौ पन्द्रह किलोग्राम से अधिक बारूद का इस्तेमाल किया गया था बाद में सभी आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के करही गांव में तालाब में ड्रबने से एक किशोरी और एक महिला की मौत हो गयी है पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया थाना क्षेत्र के काली बाग में पुलिस ने छापेमारी कर तीन लुटेरों को एक देशी पिस्तौल एक कारतूस चोरी की मोटरसाईकि और तीन मोबाईल के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने देश के पांच राज्यों में चुनाव घोषणा को बड़ी खबर बनाया है प्रभात खबर ने लिखा है पश्चिम बंगाल में सत्ताईस मार्च से आठ चरणों में होगा मतदान चार राज्यों और पुडुचेरी में सत्ताईस मार्च से उनतीस अप्रैल तक वोट हिन्द्रस्तान लिखता है भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी से बाहर निकली दैनिक जागरण की सुर्खी है नालंदा में नाबालिग युगल की शादी पर कोर्ट की मुहर दैनिक भास्कर ने गोपालगंज जहरीली शराबकांड में तेरह आरोपियों को दोषी करार दिये जाने को बड़ी खबर बनाया है दैनिक आज ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के हवाले से लिखा है जल्द सस्ता होगा पेट्रोल डीजल

देश का पहला वर्चुअल खिलौना मेला आज से शुरू हो रहा है